राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सौ बहत्तर है और अब तक तेरह हजार नौ सौ छाछठ व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तेरह लेपारादा से पांच तिराप और वेस्ट कामेंग से चार चार लोअर दिबांग वैली चांगलांग और लोहित जिले से तीन तीन लोअर सियांग पाप्मपारे शी योमी और अंजाव जिले से दो दो वेस्ट सियांग ईस्ट कामेंग अपर सियांग नामसाई और लोंगडिंग जिले से एक एक शामिल हैं

इस बैठक में भाजपा कांग्रेस पी पी ए एन पी पी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एक तरफ जहां भाजपा ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जल्द पंचायत च्नाव कराए जाने के पक्ष में है वहीं राज्य के कई राजनीतिक दल कोविड महामारी और विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी पंचायत च्नाव न कराने का प्रस्ताव रखा राय्य च्नाव आयोग के सचिव न्याली ऐते ने कहा कि आयोग च्नाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है

एस बी आई के लीड जिला प्रबंधक और जिले के अन्य लाईन विभागों के विभागीय प्रम्खों की उपस्थिति में जिला उपाय्क्त प्रभारी टी पार्टिन ने पी एल पी का श्भारंभ किया जिले में वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के प्राथमिक क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की क्षमता का अन्मान तीन हजार छत्तीस दशमलव शून्य पांच लाख लगाया गया है फसल ऋण और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों सहित प्राथमिकता क्षेत्र के संस्थागत ऋण की प्रवाह के मद्देनजर नाबार्ड हर वर्ष देश के हर जिलों के लिए संभावित लिंक क्रेडिट योजना पी एल पी तैयार करता है

सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरूणाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों को अच्छी ग्रणवत्ता वाले खादी के साठ हजार मास्क उपलब्ध कराए हैं अरूणाचल प्रदेश सरकार ने सोलह नवम्बर से स्कूल दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं मंत्रालय ने बताया है कि ये खरीद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर में पहली बार किसी राज्य सरकार ने अपने विद्यार्थियों के लिये इतनी बड़ी मात्रा में खादी के फेस मास्क खरीदे हैं तीन नवम्बर को इन मास्क को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सिर्फ छह दिन में इनकी आपूर्ति कर दी थी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दो लेयर वाले तिरंगे सूती फेस मास्क को अपने चिन्ह के साथ भेजा है इन तिरंगे मास्क का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित करना है

उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड्र ने कहा है कि विज्ञान का सही मायने में उद्देश्य लोगों की जिंदगी में ख्शी लाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है ट्वीट संदेश में श्री नायड् ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व के वैज्ञानिक सम्दाय को एकसाथ आने की जरूरत को उजागर किया है ताकि वे मानवता के समक्ष च्नौतियों का समाधान निकाल सकें